राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अच्छे सड़क नेटवर्क पर विचार किया राज्यपाल ने प्रदेश के एक मात्र सैनिक स्कूल के मुख्य परिसर के निर्माण में हो रही देरी पर चिंता जताया उन्होंने छात्रों को समय पर पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की

उन्होंने सत्यगोपाल की जगह ली है श्री कुमार इससे पहले नई दिल्ली म्यूनिसिपल कउंसिल के अध्यक्ष थे पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्यसचिव नरेश कुमार ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की

इससे पहले रविवार को एन एल एफ टी एसडी त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे इस ज्ञापन के तहत एन एल एफ टी एस डी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने और भारतीय संविधान का परिपालन करने पर सहमत हुआ था मुख्यमंत्री ने आतंकियों को भरोसा दिलाया कि उनसे किए गए सभी वायदे पूरे किए जाएंगे उन्होंने यह भी बताया कि त्रिपुरा सरकार के जनजातीय लोगों के कल्याण के सभी संभव उपाय कर रही है आत्मसमर्पण करने वालों को गृहमंत्रालय की दो हजार आट्ठारह की समर्पण सह पुनर्वास योजना के पूरे फायदे मिलेंगे राज्य सरकार उन्हें आवास भर्ती और शिक्षा के क्षेत्र में मदद देगी केंद्र सरकार भी त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास से जुड़े त्रिपुरा सरकार के प्रस्तावों पर विचार करेगी

कल ईटानगर में आयोजित हुई एसोसियेशन विशेष आम सभा बैठक में उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई फुटबॉल एसोसियेशन के पदभार संभालने के बाद श्री खाण्डू ने कहा कि राज्य में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे उन्होंने कहा कि एसोसियेशन की पहली प्राथमिकता पासीघाट में अगले महीने होने वाली पच्चीसवीं राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट को शानदार तरीके से आयोजित कराना है

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि उसके समक्ष उठाई गई कानूनी चुनौतियों के आधार पर मौजूदा सूची राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया फिर शुरु करने का आदेश नहीं दिया जा सकता पहले उच्चतम न्यायालय ने असम में अंतिम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ईकतीस अगस्त तक प्रकाशित करने को कहा था

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा भारत के संविधान में के अस्थाई प्रावधान को बदलने भर का है और ऐसा करना हमारे देश का अधिकार है कल चिण के विदेशमंत्री वांग यी से द्वीपक्षीय बातचीत के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि इस परिवर्तन का भारत की बाहरी सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

आज नई दिल्ली में पार्टी महासचिव राम माधव की उपस्थिति में ये विधायक भाजपा में शामिल हुए इस मौके पर इन विधायकों के नेता दोरजी शेरिंग लेपचा ने कहा कि वे राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते है राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पवन चामलिंग के नेतृत्व वाले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को पच्चीस वर्ष के शासन के बाद हार का सामना करना पड़ा था

जो लोग डिस्कवरी चैनेल पर बेयर ग्रिल्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैन वर्सेस वाइल्ड कार्यक्रम नहीं देख पाए थे वे इसे आज रात नौ बजे दूरदर्शन के डी डी नेशनल चैनल पर दोबारा देख सकते है

आज का अधिकतम तापमान छत्तीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया